पीएमसीएच और एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और हड़ताली डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच हुयी वार्ता के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है सरकार ने डॉक्टरों को सुरक्षा का लिखित आश्वासन दिया है जूनियर डॉक्टर आज से ड्यूटी पर वापस आ जायेंगे गौरतलब है कि हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवायें अस्त व्यस्त होने सेएक दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को सीबीआई रिमांड पर लेकर प्रछताछ करेगी सीबीआई ने कोर्ट से रिमांड का अनुरोध करने से पहले जेल प्रशासन से ब्रजेश की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी जो मिल गयी है सीबीआई अब रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू करेगी एजेंसी के डीआईजी और एसपी मुजफ्फरपुर में कैम्प कर रहे हैं इस बीच निबंधन विभाग ने ब्रजेश ठाकूर के एनजीओ सेवा संकल्प का निबंधन रद्द कर दिया है इसकी सूचना विभाग ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को भेज दी है एनजीओ पर गैर कानूनी कार्य करने का आरोप है उधर पटना जिले के पाटलिपुत्र अल्पावास गृह की जांच भी शुरू कर दी गयी है पुलिस ने संस्था के संचालक नागेन्द्र की तालाश में कई जगहों पर छापामारी भी की इधर मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने समाज कल्याण विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि एनजीओ के कामकाज की समीक्षा की जायेगी और इनके कार्यो में पारदर्शिता भी लायी जायेगी राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों को तय करने के लिये पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बनायी गयी उच्च स्तरीय कमिटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सेवा को स्थायी करने की प्रक्रिया में तेजी आयी है माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगी पहली जनवरी दो हजार सोलह के पूर्व सेवानिवृत हुये राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य जल्द शुरू होगा वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि पेंशन पुनरीक्षण का कार्य महालेखाकार बिहार को सौंपा जायेगा सरकार के इस निर्णय से तीन लाख पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर लाभांवित होंगे राज्य सरकार चुनिंदा नदियों के तटबंधों पर सड़क बनवायेगी जल संसाधन विभाग ने इसके लिये कार्य योजना तैयार की है और क्षेत्रीय अधिकारियों तथा इंजीनियरों से रिपोर्ट मांगी है विभाग के सूत्रों ने बताया कि इससे सुरक्षा के साथ आवागमन का वैकल्पिक मार्ग बन सकेगा नई सड़कों के चयन में स्थानीय जरूरतों और तटबंधों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी राज्य सरकार ने नहरों में डूबने से होने वाली मौत को भी आपदा की सूची में शामिल कर लिया है और इसके तहत मृतक व्यक्ति के परिजनों को अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा आपदा प्रबंधन विभाग के सुत्रों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहर में ड्बकर मरने की सूचनायें मिलती थीं लेकिन उनके परिजनों के लिये किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान का प्रावधान नहीं था आपदा की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में नहर में डूबने से हुये मौत को भी आपदा की सूची में शामिल कर लिया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अक्टूबर महीने से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन के दौरान वाल्मीकिनगर और भीमबांध पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र होंगे पटना में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि वाल्मीकिनगर आने वाले पर्यटकों के गंडक नदी में नौकाविहार और जंगल सफारी के लिए दस नाव और दस खुली जीप के साथ एक बड़ी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध होगी भीमबांध के विकास के लिए केंद्र सरकार ने तीन करोड़ बानवे लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई है श्री मोदी ने बताया कि वाल्मीकिनगर में पर्यटन सीजन के दौरान शाम में वन जीवन पर आधारित चलचित्र का प्रदर्शन किया जायेगा उन्होंने कहा कि मुंगेर में गांगेय डॉल्फिन को देखने के लिए मोटरबोट की व्यवस्था के साथ ही पचास लाख रुपये की लागत से अन्य सुविधाओं और पार्क को विकसित किया जा रहा है राज्य सरकार जेपी सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों के लिये पहचान पत्र जारी करेगी इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश जारी कर दिया गया है गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने भेजे पत्र में कहा है कि पहचान पत्र बनाने का जिम्मा बेल्ट्रोन को सौंपा गया है उन्होंने कहा कि पहचान पत्र बनाने के लिये सभी जिला मुख्यालयों में दो दिनों का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा जिसमें पेंशनधारी जेपी सेनानी पहुंच कर अपना परिचय पत्र बनवायेंगे इसके लिये नोडल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है प्रदेश में हरित आवरण क्षेत्र साढ़े पंद्रह प्रतिशत को पार कर गया है पर्यावरण और वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि दो हजार ग्यारह में हरित आवरण करीब दस प्रतिशत था जो हरियाली मिशन के तहत चलाये गये अभियान के कारण अब बढ़कर साढ़े पंद्रह प्रतिशत को पार कर गया है राज्य सरकार ने दो हजार बाईस तक हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाकर सत्रह प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी पश्चिम चम्पारण जिले में सीमा सशस्त्र बल सेंतालीसीवीं बटालियन के जवानों ने सिकटा रेलवे स्टेशन के निकट से बत्तीस लाख रुपये मूल्य के विदेशी मार्फीन बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र में बस की छत पर चढ़ने के दौरान एक कांवरियां की करंट लगने से मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गये मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में एटीएम में रुपये डालने के दौरान अपराधियों ने सुरक्षा प्रहरी की गोली मारकर हत्या कर दी और अठारह लाख रुपये लूट लिये पूलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश के निर्वाचित होने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने उपसभापति के चुनाव को लेकर दो पेज अगल से प्रकाशित किये हैं गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने से पहले हरिवंश प्रभात खबर के प्रधान संपादक थे प्रभात खबर ने इस समाचार का शीर्षक लगाया है विपक्ष की रणनीति फेल हरिवंश ने हरि प्रसाद को बीस वोटों से हराया दैनिक जागरण ने शीर्षक लगाया है राज्यसभा उपसभापति पद के चुनाव में राजग ने मारी बाजी हिन्दुस्तान ने इस खबर को ग्राफिक्स के साथ प्रकाशित किया है इसी अखबार ने संसद से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है एससी एसटी एक्ट पर संसद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी में लिखा है असम में चौहत्तर हजार बिहारियों की नागरिकता पर संकट दैनिक भास्कर ने अपनी प्रमुख खबर का शीर्षक लगाया है एटीएम में कैश लोड करने के दौरान गार्ड की हत्या कर अठारह लाख की लूट इसके अलावा अखबारों ने नौ बार मुजफ्फरपुर गये थे मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से पचास ऑपरेशन टले आठ की मौत कोसी पर बनेगा सात किलोमीटर लंबा फोर लेन पुल तीन तलाक पत्नी का पक्ष सुन पति को मिल सकेगी जमानत और शौचालय की टंकी में दम घुटने से छह लोगों की मौत की खबर को भी प्रमुखता दी है और अब अंत में मुख्य समाचार पीएमसीएच और एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त